राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई दस हजार तीन सौ निन्नयानबे पिछले चौबीस घंटे में मिले तीन सौ इकहत्तर नये मरीज राज्य में होम कोरेंटीन के नियम सख्त दूसरे राज्य से आनेवाले लोगों को चौदह दिनों तक होम कोरेंटीन के नियम का सख्ती से पालन करना होगा केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कोल इंडिया कर्मियों की कोराना से मौत होने पर दुर्घटना में मौत की तर्ज पर मुआवजा दिया जायेगा राज्य में इकतीस अगस्त तक लॉकडाउन लागू रहेगा राज्य सरकार ने कोई नई राहत नहीं दी है जिन मामलों में पहले से छूट दी गई है वह जारी रहेगी इकतीस अगस्त तक स्कूल कॉलेज और धार्मिक स्थ्ल बंद रहेंगे सामूहिक आयोजन पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा दूसरे राज्यों से आनेवालों पर होम कोरेंटीन का सख्ती से पालन कराया जायेगा कंटेनमेंट जोन में इकतीस अगस्क तक सख्ती से लॉकडाउन जारी रहेगा राज्य सरकार ने तीन अगस्त तक विशेष अभियान चलाकर एक लाख कोरोना परिक्षण करने का लक्ष्य रखा है मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में धीरे धीरे जांच का दायरा बढ़ाया जा रहा है

करीब चौदह हजार समर्पित कोविड स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं

राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़कर दस हजार तीन सौ निन्नयानबे हो गई है कल तीन सौ इकहत्तर नये कोरोना पॉजिटिव मिले रांची में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक हजार नौ सौ अड़सठ हो गई है वहीं पूर्वी सिंहभूम जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर एक हजार सात सौ छत्तीस हो गई है

इन जिलों में कोरोना संक्रमितों की संख्या अन्य जिलों की अपेक्षा अधिक है राज्य में चार हजार एक सौ छिहत्तर कोरोना पॉजिटिव इलाज के बाद स्वस्थ हए हैं वहीं मृतकों की संख्या एक सौ तीन हो गई है सबसे अधिक पच्चीस लोगों की मौत पूर्वी सिंहभूम जिले में और तेईस संक्रमितों की मौत रांची जिले में हुई है राज्य में अबतक दो लाख छियासी हजार से अधिक सैंपल की जांच की गई है

डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि कोविड से स्वस्थ होने की दर में निरंतर वृद्दि और मृत्युदर में गिरावट इस सफलता के कुछ उदाहरण हैं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

इनमें खाड़ी सहयोग परिषद के देशों के अलावा अमरीका कनाडा ब्रिटेन जर्मनी फ्रांस आस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड मलेशिया फिलिपींस सिंगापुर बंगलादेश म्यांमा थाईलैंड चीन इस्राइल और किर्गिस्तान शामिल हैं

यह नीति भारत को विश्व मंच पर ज्ञान की शक्ति के रूप में स्थापित करेगी आकाशवाणी से विशेष भेंट में श्री निशंक ने कहा कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य प्रत्येक बच्चे के लिए संभावनाओं के द्वार खोलना है जिससे उसका समग्र विकास हो सके

शिक्षा मंत्री ने कहा कि एक उच्च शिक्षा आयोग स्थापित किया जाएगा जो शैक्षणिक संस्थाओं जैसे विश्व विद्यालय अनुदान आयोग एन सी टी ई और ए आई सी टी ई का स्थान लेगा उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थान की भी स्थापना की जाएगी जो देश में अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन देगा उन्होंने कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति नया भारत सुजित करने का माध्यम बनेगी

इस दौरान वे कोरेंटीन वाले जगह से न बाहर जा सकेंगे और न कोई उनसे मिलने आ सकेगा प्रशासन औचक निरीक्षण कर यह सुनिश्चित करेगा कि संबंधित व्यक्ति कोरेंटीन का नियम का सही ढंग से पालन कर रहा है या नहीं जो लोग इस नियम का पालन नहीं करेंगे उन्हें ऐसे कोरेंटीन सेंटर में रखा जायेगा जिसका भुगतान उन्हें खुद करना होगा राज्य में अभी पांच हजार आठ सौ बानबे लोग कोरेंटीन सेंटर में रह रहे हैं होम कोरेंटीन में रहने वालों की संख्या दो लाख तैंतालीस हजार से अधिक है कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कल रांची में कहा कि कोरोना महामारी से किसी कोल इंडिया कर्मी की मौत को दुर्घटना में मृत्यु माना जायेगा उनके परिजनों को वे सभी वित्तीय लाभ मिलेंगे जो उन्हें कार्य के दौरान दुर्घटना में निधन होने पर मिलते हैं उन्होंने कहा कि जिन कर्मियों का कोरोना के कारण निधन हो चुका है उनके परिजनों को भी इस फैसले का लाभ मिलेग श्री जोशी ने कहा कि आनेवाले वर्षो में व्यावसायिक कोयला खनन से राज्य में विकास का एक नया दौर शुरू होगा केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने केंद्र द्वारा अधिगृहित भूमि के एवज में भुगतान के मृद्दे के समाधान के लिए राज्य सरकार को दो सौ पचास करोड़ रुपये का चेक सौपा केंद्रीय मंत्री ने कल मुख्यमंत्री और कोल कंपनी के अधिकारियों के साथ विभिन्न मुद्दों पर विमर्श किया जिसमें भूमि अधिग्रहण के मुआवजा का मामला उठाया गया राज्य में अब जमीन के दाखिल खारीज संबंधित सारे काम ऑनलाईन किये जायेंगे सरकार ने ऑफलाईन की व्यवस्था को पूरी तरह बंद कर दिया है राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव के के सोन ने सभी अंचलों को इस संबंध में आदेश जारी किया है आदेश में कहा गया है कि मानकी मुंडा और ग्राम प्रधान वाले क्षेत्रों में उन्हें पहले की तरह ही ऑफलाईन लगान वसूली के लिए अधिकृत किया गया है जम्मू कश्मीर में खादी ग्रामोद्योग आयोग ग्रामीण विकास की दिशा में सरकार के महत्वपूर्ण अंगों में एक है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

जम्मू कश्मीर में बने उत्पादों का देश के अन्य राज्यों में बहत बड़ा बाजार है खादीग्रामोद्योग के प्रयासों से पिछले कुछ वर्षो में ग्रामीण उद्योगों की गतिविधियों में बहुत बढोत्तरी हुई है इन सारे प्रयासों का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें मुख्य धारा से जोड़ना है

मौसम विज्ञान केन्द्र ने राज्य के अधिकांश इलाकों में चार अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है आज राज्य के कुछ इलाकों में भारी बारिश और वजपात की भी संभावना जताई गई है मौसम विभाग द्वारा जारी आंकड़ो के अनुसार राज्य में अब तक सामान्य से बारह प्रतिशत कम वर्षा हुई है

हालांकि कोरोना के प्रसार को देखते हुए उपायुक्त ने जांच का दायरा बढ़ाने का निर्देश दिया है उन्होंने बोकारो वासियों से सरकार द्वारा जारी निर्देशों का सख्ती से पालन करने की अपील की है साथ ही उन्होंने कहा है कि निर्देशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी

उन्होंने कहा कि श्रमिकों को काम देना और समय पर मजदूरी का भुगतान सुनिश्चित करें अखबारों की सुर्खियां आईये अब सुनते हैं राज्य के प्रमुख अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर किन किन खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है आज राज्य में प्रकाशित लगभग सभी हिंदी अखबारों ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि इक्कतीस अगस्त तक बढ़ाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर ने शीर्षक दिया है झारखंड में इक्कतीस अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाने की सीएम ने की घोषणा कोई नई छूट नहीं साथ ही केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से संबंधित खबर को शीर्षक दिया है पहली बार राज्य को कोल इंडिया ने जमीन के एवज में दो सौ पचास करोड़ रुपये दिए दैनिक भास्कर ने भी लॉकडाउन की अवधि एक्कतीस अगस्त तक बढ़ाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है साथ ही राज्य में पांच सौ बारह नये संक्रमितों के मिलने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है वहीं हिन्दुस्तान ने राज्य में तीन दिनों तक कोरोना जांच अभियान के खबर को स्थान दिया है साथ ही केंद्रीय कोयला मंत्री से संबंधित खबर को शीर्षक दिया है व्यावसायिक खनन पर सुलह की कोशिश दैनिक जागरण ने केंद्रीय कोयला मंत्री से राज्य को दो सौ पचास करोड़ रुपये की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है रांची एक्सप्रेस ने राज्य में नये कोरोना पॉजिटिव मिलने की खबर को प्रकाशित किया है साथ ही केंद्रीय कोयला मंत्री की घोषणा को शीर्षक दिया है कोल इंडिया कर्मियों की कोरोना से मौत को दुर्घटना में मृत्यु की तरह माना जायेगा अंग्रेजी अखबार द टाईम्स ऑफ इंडिया ने राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या दस हजार को पार करने और मुतकों की संख्या एक सौ से अधिक होने को पहले पन्ने पर जगह दी है साथ ही राज्य में लॉकडाउन की अवधि इक्कतीस अगस्त तक बढ़ाने की खबर को भी प्रकाशित किया है